शीर्ष न्यायालय ने केन्द्र की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था आरक्षण का लाभ देने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति की कुल आबादी पर विचार किया जाए प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया न्यायालय ने कहा कि एससी एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए राज्यों को एससी एसटी के पिछड़ेपन संबंधी आंकड़े इकट्टा करने की जरूरत नहीं है उच्चतम न्यायालय आधार वहीं एक अन्य फैसले में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार की योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया है इस फैसले की काफी समय से प्रतीक्षा थी

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यधक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि आधार योजना का उद्देश्य समाज के बेहद पिछड़े वर्गो तक लाभ पहुंचाना है क्योंकि विशिष्ट पहचान प्रमाण इन वर्गो को सशक्त बनाता है न्यायालय ने कहा कि आधार लोगों के हितों के लिए बडी भुमिका निभा रहा है और यह योजना अनुठी है

लेकिन न्यायालय ने कहा कि सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए विशिष्ट पहचान संख्या जरूरी होगी न्यायालय ने कहा कि आधार कार्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन होता हो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय महत्व के मामलों में अदालत की कार्यवाई की लाईव स्ट्रीमिंग को अनुमति दे दी है ई टेंडरिंग घोटाला मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के ई टेंडरिंग घोटाले से संबंधित जनहित याचिका को आज राजनीति से प्रेरित बताते हए खारिज कर दिया उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हेमंत गप्ता और न्यायाधीश वी के शुक्ला की यूगलपीठ ने याचिका की सुनवायी जनहित के तौर पर करने से इंकार करते हुए इसे खारिज कर दिया अधिवक्ता के व्ही एस राव की तरफ से दायर की गयी जनहित याचिका में कहा गया था कि ई टेंडरिंग की आड़ में पंसीदीदा कंपनी को लाभ पहंचाने के लिए सॉफ्टवेयर से छेड़छाड की गयी है

याचिका में मांग की गयी थी कि इस घोटाले की जांच उच्च न्यायालय अपनी निगरानी में सीबीआई से करवाए

अनिल की मेहनत अब रंग ला रही है अनिल मध्यमक्खी पालन कर अब प्राकृतिक शहद कम्पनी के मालिक बन गये हैं अनिल ने हमारे नीमच संवाददाता दिनेश प्रजापति को बताया कि मधमक्खी पालन को बडे पैमाने पर व्यवसाय के रूप में स्थापित करने के लिये उन्होंने हनी मित्र किसान समृह भी बनाया है और इस समृह के सभी सदस्यों ने एक लाख अस्सी हजार रूपये जुटाकर आत्मा परियोजना के सहयोग से कारोबार शुरू कर लिया

मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह संगठन महामंत्री और अन्य पदाधिकारी मौजुद थे

इनसे मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने विधानसभावार रिपोर्ट ली यह रिपोर्ट विधायकों के प्रदर्शन के साथ उनके खिलाफ चुनावी मैदान में सामने आ रहे दुसरे दावेदारों को लेकर है

राहल गांधी सतना और रीवा के दो दिवसीय प्रवास पर रहेंगे वे जिलों में जनसभाएं और रोड शो करेंगे श्री गांधी चित्रकट में कामतानाथ स्वामी के दर्शन के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे संकल्प यात्रा में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कई नेता शामिल होंगे श्री गांधी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किये गये हैं निर्वाचन कार्यशाला मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बीएल कांताराव ने कहा है कि किसी भी राजनैतिक दल के प्रत्याशी के संबंध में प्रचार जैसी खबरें प्रसारित करना पेड न्यज की श्रेणी में रखा गया है इसलिये मीडिया को पेड न्यूज से बचना चाहिये यह बात आज उन्होंने निर्वाचन में मीडिया की भूमिका विषय पर भोपाल की प्रशासनिक अकादमी में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में कही भारत निर्वाचन आयोग के मीडिया एवं संचार महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा ने मीडिया से मतदान को लेकर जागरूकता फैलाने का भी आहवान किया जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मत का उपयोग कर सरकार बनाने में भागीदारी सुनिश्चित कर सकें श्री ओझा ने कहा कि मीडिया एक ऐसा मंच है जिसके जरिए हम अपनी बात जनता तक पहुंचा पाते हैं

यह कोर्स विद्यार्थियों अभिभावकों परिवारों सामाजिक संगठनों और अन्य संगठनों के लिए होगा श्रीमती चिटनिस ने कल भोपाल में कार्यशाला को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं श्रीमती चिटनिस ने इस संबंध में जन सामान्य से सुझाव आमंत्रित किए हैं इच्छ्क व्यक्ति अभिभावक कौशल और पालन पोषण पर अपने सुझाव दे सकते हैं दुर्घटना राजधानी भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के महाकुंभ से लौट रही पन्ना जिले के पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बस दमोह जिले में खाई में गिरने से पार्टी को एक कार्यकर्ता की मौत हो गई

पन्ना भाजपा जिलाध्यक्ष सदानंद गौतम ने बताया कि पन्ना और दमोह जिले की सीमा पर स्थित बांदकपुर के पास आज तड़के कार्यकर्ताओं को ला रही एक बस नाले में गिर गई घायलों को दमोह और कटनी के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है